इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन चैनलों के माध्यम से प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन शिक्षा की एक और सुविधा उपलब्ध हो गई है

सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चरणबद्व तरीके से विभिन्न गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है सैजल ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना करने का आग्रह भी किया पठानिया वनमंत्री राकेश पठानिया ने आज हमीरपुर में कोरोना की स्थिति और इससे संबंधित विभिन्न प्रबंधों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने चिकित्सकों प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना संक्रमितों की कांउसलिंग करने के निर्देश दिए पठानिया ने कहा कि आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से नियमित रूप से बातचीत करने और हाल चाल पूछने से उनका मनोबल बढ़ेगा उन्होंने संक्रमित लोगों के मार्गदर्शन के लिए ऑडियो वीडियो माध्यम की जरूरत भी बताई इस अवसर पर विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने भी कोरोना से बचाव को लेकर अपने सुझाव दिए

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी आदेश में इस विस्तार की जानकारी दी है और कहा है कि विभिन्न गतिविधियों को करने की इजाजत देने का मतलब यह नहीं है कि महामारी का प्रकोप खत्म हो गया है

इस साल मार्च में लॉकडाउन सम्बंधी पहले आदेश के बाद से सरकार ने कई गतिविधियों को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है सरकार ने स्वास्थ्य और साक्षानियों के बारे में कई परामर्श और मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने मण्डी सोलन व पालमपुर को नगर निगम बनाने के प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने से अब इन शहरों के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा

उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का आहवान किया कि वे लोगों को सही ढंग से मास्क पहनने व सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाने के लिए प्रेरित करें पंकज राय ने ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए भी प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया ताकि जिले को स्वच्छ बनाया जा सके

उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज शिमला में एक बैठक में बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता ही सेवा पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ स्वच्छ सुंदर शौचालय और गंदगी मुक्त भारत जैसे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं

जलजीवन मिशन जलजीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को नल से जल पहुंचाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है मिशन के तहत मण्डी जिले में घरेलु नल कनैक्शन प्रदान करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है